पार्सल और सामान की ब्किंग भी श्रू

आरोग्य सेत् म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में क्शल प्रवासी मजद्रों को उनके कौशल के अन्रूप उदयोगों नियोजनों निर्माण कार्यों आदि में कार्य देने के लिये रोजगार सेत् योजना प्रारंभ की गयी है

योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्शल प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े सात हजार तक पहृंच गई है

एसडीएम अत्ल सिह ने बताया है कि इनमें से दो लोग पिछले दिनों मुंबई और चेन्नई से आए थे

मंडला में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है

राजगढ़ के ब्यावरा में भी एक ब्ज्र्ग महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है उधर नीमच में आज से कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो जाएगी स्थानीय सांसद सुधीर गुप्ता जिला अस्पताल में जांच मशीन का श्भारंभ करेंगे ख़शियों का कारवा कोरोना संक्रमण में प्रदेश में अव्वल इंदौर में अब ख्शियों का कारवां भी तेजी से आगे बढ़ रहा है लगातार स्वस्थ होते मरीजों के कारण अब अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों का आत्मविश्स भी लौटने लगा है इंदौर संभाग आय्क्त आकाश त्रिपाठी भी मरीजों के बेहतर इलाज के लिए सभी अस्पतालों की स्वयं लगातार निगरानी कर रहे हैं

पन्ना में भी कल एक और कोरोना पीड़ित मरीज स्वस्थ होकर घर गया विदिशा मे भी कल एक महिला को स्वस्थ होने पर छट्टी दी गई

मंत्रालय ने कहा कि अन्य नियम और शर्तें जैसे कि वर्तमान ब्किंग और सड़क किनारे के स्टेशनों के लिए तत्काल कोटा आवंटन वही होगा जो नियमित समय पर चलने वाली ट्रेनों में होता है मनरेगा वरदान दमोह जिले के पथरिया के सेमरा लखरौनी गांव में लौटे प्रवासी मजद्रों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है

इनमें दृष्टिहीन मूकबधिर और अन्य श्रेणी के दिव्यांगजन शामिल हैं इनमें से तीन बच्चे म्रकबधिर संगठन और तीन बच्चे मध्यप्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में अध्ययनरत थे शेष दिव्यांग अन्य वर्ग के हैं ये दिव्यांगजन ललितप्र झांसी बरेली बस्ती महाराजगंज और गोरखप्र के निवासी हैं

कृषि विभाग किसानों को टिड्डी दल से फसलों के बचाव के लिए लगातार उपाय बता रहा है

पन्ना में कल शाम अचानक मौसम बदलने से तेज हवाओं के साथ बारिश हई

पार्सल और सामान की ब्किंग भी श्रू